वहीं पिछले चार साल में दस करोड नये कनेक्शन दिए गए हैं जिससे गरीबों को फायदा पहुंचा है उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण में केन्द्रिय भूमिका निभा रही है श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना और सुरक्षा उपायों के बारे में देश भर में एलपीजी पंचायत आयोजित की जा रही हैं जयराम पेयजल राज्य सरकार ने शिमला शहर में जलापूर्ति के मुद्दे की निगरानी के लिए मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शहर के लिए जलापूर्ति की समीक्षा के लिए शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही समिति शिमला शहर में उपभोक्ताओं को समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए सरकारी व निजी दोनों एजेंसियों को मांग के अनुसार टैंकर हायर करने और अन्य संसाधनों सहित सभी जरूरी कदम उठाने के लिए अधिकत किया गया है जयराम ठाकर ने सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को शहर के लोगों को उपयुक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए

इसके अलावा सिरमौर व बिलासपुर से तीन तीन टैंकर मंगवाए गए हैं उन्होंने टैंकरों के माध्यम से एक समान जल वितरण के लिए विश्वसनीय तंत्र स्थापित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे विक्रमादित्य दूसरी तरफ शिमला शहर में बढ़ती पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसके लिए नगर निगम और राज्य सरकार दोनों को दोषी ठहराया है

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यटन सीजन में शिमला आने वाले सैलानियों को भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और भविष्य में पर्यटन उद्योग पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है उन्होंने नगर निगम महापौर और उपमहापौर को पद से तुरंत हटाने की सरकार से मांग की है इस मौके कसुम्पटी के विधायक अनिरूद्व सिंह ने कलनोग क्षेत्र में लोगों को पेयजल की जगह सीवरेज के पानी की आपूर्ति करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की मांग की राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को शून्य खेती के बारे में जागरूक करने का कृषि वैज्ञानिकों से आहवान किया है ताकि वे ग्णवत्तापूर्ण अनाज पैदा कर देश में पनप रही विभिन्न बीमारियों को रोक सके सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में शुन्य लागत प्राकृतिक खेती पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए आचार्य देवव्रत ने कहा कि इस खेती से किसानों की आय दोगुणी होगी और लोग गंभीर बीमारियों से बच सकेंगे इस मौके विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती बारे जानकारी दी

ऊना में आज ज़िला कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है

बैठक में विधायक बलवीर चौधरी और सतपाल रायज़ादा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे राजीव सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि मेले व त्योहार ग्रामीणों के मनोरंजन का बेहतर साधन हैं और इनसे आपसी भाईचारे व सौहार्द की भावना सुदृढ़ होती है सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की आंजी पंचायत के मातला गांव में आयोजित एक कृश्ती मेले में उन्होंने ये बात ही राजीव सहजल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को अपने कौशल दिखाने काँ अवसर मिलता है और भारतीय पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृश्ती में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है